देश के पहले सी डी एस का पदभार संभालने के बाद जनरल रावत ने कहा कि सी डी एस को सौंपे गए कार्यभार के अनुसार एकीकरण बढ़ाना और बेहतर संसाधन प्रबंधन उनकी प्राथमिकता होगी उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं को आवंटित संसाधनों का बेहतर और श्रेष्ठ उपयोग सुनिश्चित करेंगे इस अवसर पर तीनों सेनाओं के प्रमुख उपस्थित थे

सेना प्रमुख ने द्रदर्शन संवाददाता के एक विशेष बातचीत में कहा कि सेना देश एक साथ किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम हैं चीन के साथ सीमा विवाद पर जनरल नरवणे ने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखने से समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा

उन्होने कहा कि कांग्रेस और वामदल नागरिकता संशोधन कानून के बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं आज गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि नागरिकता संशोधन कानून द्वारा राज्य में ढाई करोड़ या डेढ़ करोड़ या पचास लाख हिंद्र बांग्लादेशी लोग आ जाएंगे इसी तहर राज्य के ग्रामीण लोगों को बहकाया गया है कि उनकी जमीनें बाहरी लोगों को दे दी जाएगी श्री सोनोवाल ने कहा कि असम सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पर नियम बनाने के संबंध में केंद्र को सुझाव भेजे हैं उन्होंने कहा कि असम समझौते के छठे अनुच्छेद पर बनी समिति अपनी सिफारिशों से संबंधित रिपोर्ट सौंप देगी तथा राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों के संरक्षण पर उचित कदम उठाए जाएंगे उन्होंन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की केंद्र सरकार की कोशिश के तहत इन परियोजनाओं को अगले पांच सालों में पूरा किया जायेगा

देश विदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर बीती रात भारी संख्या में लोग जमा हुए और नए साल का उत्साह और उमंग के साथ स्वागत किया गोवा में विभिन्न समुद्र तटों और स्थानों पर नए साल के स्वागत के लिए विशेस कार्यक्रम आयोजित किए गए

उधर नए साल पर राजधानी ईटानगर के सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोगों परिजनों और मित्रों के साथ नए साल की खुशी मनाते हुए नजर आए

जिन्होंने अपने रंगों की कुची से पासीघाट में सियांग नदी पर बने गांधी ब्रिज के तट पर पड़े छोटे बड़े पत्थरों को अपनी चित्रकारी से जीवंत बना दिया है वैसे तो यह इलाका शुरु से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है पर अब युवा चित्रकार करम गाव ने तरह तरह के जीव जंतुओं के चित्र उकेरकर मानो इसे एक जीते जागते अभ्यारण्य का रुप दे दिया हैं

यह बढ़ोत्तरी केवल गैर उपनगरीय खंडो में दैनिक उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर की जाएगी उप नगरीय खंडो और सिजन टिकटों के किराए में वृद्धि नहीं होगी साधारण गैर वातानुकुलित श्रेणी के यात्रियों के लिए भी किराए में केवल एक पैसा प्रति किलोमीटर की मामूली बढ़ोत्तरी की गई है किराये में वृद्धि आज से खरीदे जाने वाले टिकटों पर लागू होगी और जिन यात्रियों ने पहले टिकट खरीद लिए थे उनसे बढ़ा हुआ भाड़ा नहीं वसूला जाएगा